केन्द्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप प्री ने आज वर्च्अल कार्यक्रम में यह प्रस्कार वितरित किये जालंधर छावनी बोर्ड को देश की सबसे स्वच्छ छावनी का प्रस्कार मिला है जबकि मध्य प्रदेश के इंदौर शहर लगातार चौथी बार देश का सबसे स्वच्छ शहर बना है गंगा किनारे बसे शहरों की श्रेणी में वाराणसी को सर्वोतम से नवाजा गया है

आज इस मौके पर केन्द्रीय मंत्री हरदीप प्री ने करनाल के दो कूड़ा बीनने वाले बाछी देवी और सोन् से बातचीत की और उन्होंने उनसे स्व्च्छता सर्वेक्षण में उनके योगदान और महत्व पर चर्चा की इस चर्चा के लिए देशभर से करनाल सहित चार शहरों को च्ना गया था म्ख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस उपलब्धि के लिए प्रदेशवासियों को बधाई देते हये कहा कि स्वच्छ भारत मिशन का म्ख्य उद्देश्य सभी क्षेत्रों में ओडीएफ स्थिति को बनाये रखना और स्वच्छता के स्तर में सुधार करना है ताकि सभी स्वस्थ रह सकें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने क्रिकेट खेल में प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी महेन्द्र सिंह धोनी के योगदान की सराहना की है श्री धोनी को लिखे एक पत्र में श्री मोदी को लिखे पत्र में श्री मोदी ने कहा कि उन्हें न केवल क्रिकेट क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों बल्कि मैच जीतने मैं उनकी विशेष भूमिका के लिए याद किया जायेगा उन्होंने कहा कि श्री धोनी ने एक छोटे से कस्बे में साधारण परिवार से उठकर विश्व में अपना नाम कमाया

उप राष्ट्रपति एम वैकैया नायड् ने कहा है कि केन्द्र सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में नॉन गजटेड पदों के लिए सांझी पात्रता परीक्षा करवाने के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी गठित करने का सरकार का निर्णय एक अच्छा कदम है कई टवीट कर श्री नायड् ने कहा कि इस लिए लम्बित सुधार से लाखों बेरोज़गारों को राहत मिलेगी

उन्होंने कहा कि इससे उम्मीदवारों के बहमूल्य समय और संसाधनों की बचत होगी

चंडीगढ़ में आज एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना की श्रूआत की गई इस योजना के श्भारंभ के अवसर पर चंडीगढ़ के प्रशासक के सलाहकार मनोज परिदा ने क्छ लाभार्थियों को नये राशन कार्ड भी प्रदान किये

उन्होंने कहा कि शेष राशन कार्ड सरकारी कार्मचारियों द्वारा लोगों के घरों तक पहंचायें जायेंगे

उन्होंने कहा कि अगर राशन कार्ड धारक किसी ऐसे राज्यों में जाता है जहां डीबीटी प्रणाली नहीं है वहां वह राशन की स्थानीय द्कानों से चालव गेहं और राशन ले जा सकता है उन्होंने बताया कि इस कार्ड में कार्ड धारक के सभी पारिवारिक सदस्यों और लाभार्थियों के बैंक खाता नंबर दिये गये है

आज चंडीगढ़ में जारी एक वक्तव्य में श्री दलाल ने बैंक के अधिकारियों व विभाग के अधिकारियों को आहवान किया है कि वे केंद्र सरकार की तर्ज पर किसानों को ऋण उपलब्ध करवाने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड व पश्धन किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने का एक विशेष अभियान चलाएं

कोविड संयोजन डॉ मनकीरत ने इसकी प्ष्टि करते हये बताया कि इनमें से पांच आईटीबीपी के जवान और क्छ अन्य राज्यों व जिलों के मरीज़ शामिल है

इन मरीज़ों से सम्बधित इलाकों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है

आज विश्व मच्छर दिवस मनाया जा रहा है हरियाणा में कई जगह से लोगों को मच्छरों की जानकारी देने के लिए कार्यक्रम आयोजित करने के समाचार मिले है जिला यम्नानगर में सिविल सर्जन डॉ विजय दहिया की अध्यक्षता में सामाजिक दूरी का पालन करते हये यह दिन मनाया गया उन्होंने लोगों का वेक्टर जनित रोगों से बचने के लिए पूरी बाजू के कपड़े पहनने और मच्छरदानी का उपयोग करने की सलाह दी

पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जंयती पर आज कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया फरीदाबाद में आयोजित कार्यक्रम में हरियाणा प्रदेश कांग्रेस समिति की अध्यक्ष क्मारी शैलजा ने शिरकत की